तीस प्रवासियों को प्रदान किया भारतीय प्रवासी सम्मान प्रवासी भारतीयों का आज प्रयागराज के कुम्म में स्वागत की सभी तैयारियां पूरी केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताया कहा दो हजार तीस तक भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व में होगा तीसरे स्थान पर आजाद हिन्द फौज के नायक नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की एक सौ बाईसवीं जयंती पर कल कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें दी श्रद्वाजंलि प्रदेश में हई बारिश और शीतलहर के कारण ठण्ड में हआ इजाफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल वाराणसी में तीन दिक्सीय पन्द्रहवें प्रवासी भारतीय दिक्स सम्मेलन के समापन सत्र को सम्बोधित किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस वर्ष का प्रवासी भारतीय दिवस कई मामलों में बेहद महत्वूपर्ण है क्योंकि देश इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती मना रहा है जिन्हें सर्वोत्तम प्रवासी भारतीय के रूप में जाना जाता है और उन्हीं के सम्मान में हर साल देश नौ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाता है राष्ट्रपति ने कहा कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी काशी में पहली बार हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हम समी के लिए सैमाग्य का विषय है उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के बाद आप में से कई प्रवासी भारतियों को प्रयागराज में कुम्म तथा छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन पलो को महसूस कर आनन्दि होंगे राष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीय दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी के रूप में हैं उन्होंने कहा कि हम आप सभी को भारत को सांस्कृतिक राजदृत के रूप में देखते हैं आप लोगों ने अपने उल्लेखनीय कार्यो से विश्व में भारत में एक नई पहचान दिलाई है

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के एक सौ करोड़ लोगों को इक्कतीस मिलियन प्रवासी भारतियों से जोड़ने के लिए काफी कठिन परिश्रम किया गया है उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतियों के नो इण्डिया भारत को जानिए जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए गये हैं इस अवसर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि काशी में इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अपने आप में अनूठा और अनोखा था किसी ने भी इसके भव्य और सफल आयोजन की कल्पना नहीं की होगी इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रवासी भारतियों को सम्बोधित किया सम्बेलन में पांच हजार से अधिक भारतीय मूल के प्रवासियों ने भाग लिया इस मौक पर विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अनेक गण्यमान्य लोग उपस्थित थे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मौके पर आए अतिथियों के आज प्रयागराज कुंभ में स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कुंभ के लिए प्रयागराज में विस्तृत ढांचागत विकास के लिए स्थानीय निवासी सरकार की सराहना कर रहे हें पिछले दो प्रमुख स्नानों के दौरान देशभर से आए करोड़ों श्रद्धालु कुम के भव्य आयोजन को देखकर अभिभूत हैं वहीं स्थानीय लोग एक नए प्रयागराज शहर को पाकर बेहद खुरा हैं उनका कहना है कि सरकार ने कुंभ के लिए प्रयागराज शहर में कई बुनियादी निर्माण कार्य किए हैं आकाशवाणी से बातचीत में एक स्थानीय निवासी कमल कांती ने बताया कि दो सालों में एक नया प्रयागराज लोगों के सामने आया है बाइट पिछले डेढ सालों में बदलाव हुआ है जब से नई सरकार बनी है और इन डेढ़ सालों में तकरीबन दस पुल बने दस दस महीने में पुल तैयार हुआ है और इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में यह सब हुआ है जिससे प्रयागराज में आवागमन में बहुत ही फंसिलिटी हो गई है एक अन्य स्थानीय निवासी शिवसागर ने इस महा आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य के मृख्यमंत्री को धन्यवाद दिया बाइट साल का जो कुंच है और कुंचों से बहत ही बढ़िया तरीके से मनाया गया है सारे इंतजाम बहत अच्छे किए गए हैं अभी मैं मोदी योगी को धन्यवाद देना चाहता हूं शशांक कुमार कुंभ मेला शहर प्रयागराज

श्री सिंह कल लखनऊ में अटल कला प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे श्री सिंह अपने तीन दिवसीय दौरे पर कल दोपहर लखनऊ पहुंचे उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस मैके पर याद करते हुए श्री सिंह ने कहा कि राजनीति में उनके जैसा व्यक्तित्व न हुआ है और न होगा उन्होंने कहा कि श्री वाजपेई के नेतृत्व में भारत ने न केवल कारगिल युद्ध जीता बल्कि विश्व में कई राजनयिक सफलताएं भी हासिल कीं राष्ट्र ने कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी एक सौ बाइसवीं जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेताजी सुभाष चन्द बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि दी श्री कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर संसद के केन्द्रीय कक्ष में अनेक गण्यमान्य लोगों ने नेताजी को पृष्पांजलि अर्पित की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री विजय गोयल श्रद्वांजलि देने वालों में शामिल थे नेताजी की जन्मस्थली ओडिसा के कटक में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये

संग्रहालय का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने नेता जी के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को आजाद कराने और देशवासियों को गरिमा के साथ जीने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय में नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ी कई क्तुएं रखी हुई हैं इनमें नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्सी और तलवार पदक वर्दी के अलावा अन्य प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं

दीपेन्द्र कमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा है कि भारत के समृद्व इतिहास और संस्कृति से संबंधित इन चार संग्रहालयों का उदघाटन उनके लिये विनयपूर्ण है उन्होंने कहा कि संग्रहालयों का समूचा परिसर क्राति मंदिर के रूप में जाना जाएगा श्री मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस और आजाद हिंद फौज इस क्रांति मंदिर के महत्वपूर्ण अंग हैं नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर कल प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गये कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव निय्क्त किया है ज्येतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया है वरिष्ठ पार्टी नेता गुलाम नवी आजाद हरियाणा के महासचिव होंगे केसी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव का कार्यभार दिया गया है पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने र्ये नियुक्तियां की हैं भारतीय जनता पार्टी नेता संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तरप्रदेश का महासचिव नियुक्त किये जाने पर बधाई दी है मीडिया के साथ बातचीत में श्री पात्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी की नियुक्ति से ये संकेत मिलता है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हर मोर्चे पर विफल रहे हैं प्रदेश के कई स्थानों पर पिछले कई दिनों से रूक रूक कर हो रही बारिश और शीतलहर के कारण ठण्ड में इजाफ हुआ है लखनऊ सहित कई स्थानों पर हई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गयी बहराइच श्रावस्ती सीतापुर अम्बेडकरनगर मेरठ और लखीमपुर जिलों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने की भी खबर है बहराइच में छः मिलीमिटर बारिश रिकार्ड की गयी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल कई स्थानों पर रूक रूक कर बारिश हुई गोरखपुर सहित कई जिलों में कल तड़के गरज चमक के साथ वर्षा हुई मौसम विभाग के निदेश जे पी गुप्ता ने बताया कि अभी दो तीन दिन पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा उन्होंने कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी सम्भावना व्यक्त की है कृषि विशेषज्ञों ने इस बारिश को फसलों विशेषकर गेहूँ सरसो मसूर और चने के लिए बहत उपयोगी बताया है